अब समाचार विस्तार से रांची से मुंबई जाने वाली एयर एशिया के विमान में आज तकनीकी खराबी आ गयी और विमान रनवे पर ही रूक गया रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इस विमान ने दो बार उड़ान भरने की कोशिश की लेकिन इस दौरान विमान से चिंगारी निकलता देख पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान रनवे पर ही रोक दिया इस विमान में केबिन क्रू के साथ एक सौ छिहत्तर यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित है

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सोलह हजार सात सौ सैतीस हो गयी है जबकि सात हजार पांच सौ बारह मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में तिरपन नये कोरोना पॉजिटिव मिले है वहीं कोरोना संक्रमित जेल के सिपाही और एक कैदी की मौत की सूचना है राज्य में आज कोरोना संक्रमित सात मरीजों की मौत हो गयी लोहरदगा में आज तेरह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है जबकि नौ लोग स्वस्थ होकर वापस घर लौट गये रामगढ़ में भी पिछले चौबीस घंटे में उनतीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

राजधानी रांची के रिम्स स्थित कोविड वार्ड में आज दोपहर एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने ऑपरेशन द्वारा बच्चे को जन्म दिया रिम्स प्रबंधन द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं

जच्चा एवं बच्चा दोनों स्वस्थ है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

खूंटी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देने की तैयारियां पूरी कर ली गयी है खूंटी के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया की जिले में कोरोना के मरीजों की देखरेख के साथ साथ अन्य सभी बीमारियों पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को एक श्रद्वांजलि है इस अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से सभी क्रीतियों को छोड़ने का आहवान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा की शुरूआत करेंगे

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे शहीद निर्मल महतो की तैतीसवीं प्ण्यतिथि पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी रांची में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन को व्यापक रूप और पहचान दिलाने में शहीद निर्मल महतो की अग्रणी भूमिका रही थी उन्होंने इस आंदोलन से सभी वर्गों को जोड़कर जान फूंक दी थी गढ़वा जिले के नगरउंटारी थाने के बरईटांड़ जंगल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के दिन प्रयुक्त किये गये तीनों बाइक भी बरामद कर लिया गया गया है दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकिनाथ मंदिर में भक्तों को दर्शन का अवसर सुलभ कराने की प्रशासनिक तैयारी की जा रही है

सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशानुसार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने की स्थिति में की जाने वाली व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण आज जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण के क्रम में बाबा मंदिर प्रभारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोरोना संकट काल को देखते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना कराने की व्यवस्था की सलाह दी गई है ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमिटी के दिशा निर्देश पर आवश्यक तैयारी और व्यवस्था की जाएगी उन्होंने कहा कि राज्य में लागू लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भादो माह में मंदिर खोलने को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगे की व्यवस्था शुरू की जाएगी मौसम विभाग ने राज्य में अगले चार दिनों तक ज्यादात्तर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गयी है

इस दौरान अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई

संक्षिप्त खबरें बोकारो जिले के चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक एवं एकीकृत बिहार में मंत्री रहे दुर्गा चरण दास का कल देर शाम निधन हो गया रांची स्थित कांग्रेस भवन में एक शोकसभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी हजारीबाग के नवनियुक्त उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने आज पदभार ग्रहण कर लिया